उत्तरकाशी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहनपांच लोगों की मौत जबकि पांच अन्य घायल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हरिद्वार के युवा लाभ उठा रहे हैंबिना परेशानी लोन मिलने से स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं लोग स्लग निकाय चुनाव उत्तराखंड में निकाय चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है

जबकि गंगोत्री बदरीनाथ और केदारनाथ में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं

उन्होने बताया कि निकाय को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है

जबकि अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या दो सौ छत्तीस है राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में सात नगर निगम उनतालीस नगर पालिका और अड़तीस नगर पंचायतों के लिए चुनाव कराये जा रहे हैं

श्री एनके सिंह की अध्यक्षता में पहुंची केंद्रीय वित्त आयोग की टीम का राज्य के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने स्वागत किया इसके बाद टीम के सदस्य सचिवालय पहंचे जहां उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की वित्त मंत्री प्रकाश पंत के साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना भी सचिवालय में आयोजित हुई बैठक में मौजूद रहे स्लग राज्यपाल बागेश्वर दौरा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ठोस कार्य करना होगा और जनजागरूकता अभियान चलाने होंगे उन्होंने कहा कि स्कूलों के प्रधानाचार्य और अभिभावकों को आपस में मिलकर इसके लिए पहल करनी होगी अपने पहले दौरे में बागेश्वर पहंची राज्यपाल ने कहा कि सरयू और गोमती तट के संगम में बसे बागेश्वर की अपनी एक विशिष्ट पहचान है और यहां पर्यटन की काफी संभावनाए हैं उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर चिंता जताई श्रीमती मौर्य ने सरस मार्केट में महिलाओं द्वारा तैयार किये गए उत्पादों का निरीक्षण किया और उनकी हौसलाअफजाई की उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कही उन्होंने कहा कि पहाड़ की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गुजरखण्ड पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण और दिल्ली सतपुली परिवहन निगम की बस सेवा शुरू किये जाने की भी घोषणा की इस मौके पर मौजूद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि दूरस्थ गांव तोली में पॉलीटेक्निक उन विश्वविद्यालयों के लिए भी नजीर होगा जो सिर्फ मैदानी क्षेत्रों को ही तरजीह देते हैं इस अवसर पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया था

टीम ने नरकंकालों का अंतिम संस्कार कर दिया

इन टीमों ने घाटी की अलग अलग जगहों पर सर्च अभियान चलाया

अभियान में शामिल टीमों ने सर्च अभियान की फाइनल रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दी है

साइकिल रैली के दौरान ये दल रास्ते में कई सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेगा जिसमें गंगा सफाई अभियान वक्षारोपण आदि शामिल है

इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की पूरी टीम घटना स्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया घायलों को संयुक्त चिकित्सालय चिन्यालीसौड़ भेजा गया एक गंभीर रूप से घायल को हवाई सेवा से ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भेजा गया इस हादसे के बाद जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने उपजिलाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक एआरटीओ और थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में ओवर लोडिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस हादसे पर द्ःख व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने को साथ ही घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है स्लग सड़क सुरक्षा बैठक चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट डेंजर मोड़ पर क्रैश बैरियर लगाने के साथ ही संवेदनशील सड़क दुर्घटना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम का कार्य पूरा करने की हिदायद दी चारधाम यात्रा मार्ग पर किये जा रहे सड़क चौड़ीकरण के कार्य से यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी ने रात में नौ बजे से सुबह सात बजे तक रोड कटिंग का कार्य करने के आदेश दिर्य है साथ ही चौड़ीकरण से सड़कों पर बने गड्डों को भी ठीक करने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने सड़कों के किनारे और नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने के लिए कडी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश उप जिलाधिकारियों को दिये

हरिद्वार जिले में भी ये योजना काफी पसंद की जा रही है और कई लोग इसका लाभ उठा च्वके हैं

इस योजना के तहत लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है बिना परेशानी के लोन मिलने से छोटे कारोबारी भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का जरिया साबित हो रहा है इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है और रोजगार के नये अवसर भी खुल रहे हैं स्लग ई मंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को उनकी उपज का उपयुक्त मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि बाजार यानि ई मंडी योजना की शुरुआत की है ई मंडी योजना के जरिए कृषि उत्पादों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू कर दी गई है उत्तराखंड में भी यह योजना कारगर साबित हो रही है

उत्तराखंड की लगभग सड़सठ प्रतिशत मंडिया इसके तहत ली गई हैं